न्यायमूर्ति अरुण मिश्र न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की पीठ ने संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज यह फैसला सुनाया खंडपीठ ने पिछले साल अक्टूबर में इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था यह कानून एससी एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किसी आरोपी को अग्रिम जमानत देने को प्रावधानों पर रोक लगाता है

राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है पहले दिन दिवंगत सदस्यों को सदन में श्रद्वाजंलि दी गई आज सदन के पटल पर वार्षिक प्रतिवेदन रखा जायेगा वित्त और आबकारी विभाग की अधिसूचना के साथ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के प्रतिवेदन भी रखे जायेंगे सदन की कार्यवाही देखने के लिए इस बार विदेशी प्रतिनिधि मंडल भी आया है

इस कार्यक्रम के तहत देश के सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के बीच गहरा सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दिया जाता है

जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद जयपुर जिले की विराटनगर तहसील के जवान राजीव सिंह शेखावत का आज उनके पैतुक गांव लुहाकना खूर्द में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया

शेखावत की शहादत को सम्मान देने के लिए जनप्रतिनिधि सरकारी अधिकारी और सैन्यकर्मी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहीद राजीव सिंह की शहादत को सलाम करते हुए उनके परिवार के साथ खडे रहने की बात कही है उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और सांसद राज्यवर्द्वन राठौड ने भी नायक राजीव सिंह की शहादत को नमन किया है आज राष्ट्रीय कमिरोधी दिवस मनाया जा रहा है बच्चों को पेट के कीड़ों से बचाने के लिए स्कूलों और स्वास्थ्य केन्द्रों में कृमिरोधी दवा पिलाई जा रही है

स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से बच्चों की आंतो को कुमि रहित कया जायेगा

श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिये

वे नमो ऐप ओपन फोरम या माइ जीओवी पर भी लिख सकते हैं

प्रदेश में न्यूनतम तापमान मे उतार चढाव के बीच सर्दी का असर जारी है